मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज शिमला में वीडियो कांफेंस के माध्यम से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस निर्णय से जहां सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहायता भिलेगी वहीं द्वानों पर भीड़ भी कम होगी

जयराम ठाकुर ने कहा कि कफ्यू के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था भी प्रमावित हुई है और तीन मई के बाद आर्थिक गतिविधियों को दोबारा सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त योजना बनाई जाएगी उन्होंने कहा कि खनन स्थलों से परियोजना क्षेत्रों तक निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की अंतर जिला आवाजाही को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है इसके अलावा निर्माण स्थलों तक सड़क निर्माण मशीनरी की अंतर जिला आवाजाही को भी स्वीकृति दी गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के बाहर फंसे लोगों की हर संभव सहायता की जाए और घर वापिस आने वाले इच्छुक लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाए

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा

राजीव सैजल ने कहा कि सोलन एपीएमसी देश की लाभदायक मंडियों में से एक है और यहां किसानों बागवानों की सुविधा के लिए अनेक प्रयास किए गए है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं

सम्पूर्ण बंद जिला सिरमौर में कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण को रोकने के मद्देनजर रविवार को सम्पूर्ण बंद रखने का फैसला लिया है जिला दंडाधिकारी आरके परूथी ने बताया कि बंद के दौरान जिले में मेडिकल स्टोर और मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों सहित सभी वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे उन्होंने लोगों से इस बंद को सफल बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि रविवार के दिन सभी लोग अपने घरों में ही रहें किसान सुविधा कर्फ्यू के दौरान कृषि विभाग द्वारा चम्बा जिला में किसानों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं कृषि उपनिंदेशक सुरेश शर्मा ने बताया कि किसानों के लिए एक विशेष मार्ग दर्शिका तैयार की गई है जो कृषि संबंधी गतिविधियों के संचालन में किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है

इसके अलावा किसान खरीफ फसलों के बीज कृषि विभाग के डिपो होल्डरों से भी खरीद सकते हैं

कश्मीरी मजदूर ज़िला मंडी में कामकाज के लिए आए कश्मीरी मजदूरों ने प्रशासन से घर भिजवाने की गुहार लगाई है आज करीब दो सौ कश्मीरी मजद्रों ने उपायुक्त को प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिमला की तर्जे पर उन्हें भी वापिस कश्मीर भेजने की अपील कीं

हमारे जिला संवाददाता मुनीष सूद ने बताया कि इन मजदूरो का कहना है कि रमजान का पवित्र महीना वे अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं किसान रथ ऐप देश में अब तक डेढ लाख से ज्यादा किसानों और व्यापारियों ने किसान रथ मोबाइल ऐप पर अपना पंजीकरण कराया है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर ही यह ऐप काफी लोकप्रिय हो गया है इस ऐप की सहायता से अनाजों और कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान हो जाती है क्योंकि इससे किसान और व्यापारी सही प्रकार के वाहन का चयन कर सकते हैं